हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत जारी रहेगा

ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी विद्यालयों दवारा लॉकडाउन के कारण प्रारंभ की गई ऑनलाइन अध्यापन गतिविधि जारी रखी जा सकती है इसके लिये अभिभावकों तथा छात्रों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा तथा कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी मास्क एफआईआर राजधानी भोपाल में बिना मास्क और ग्लब्स के किराना बेचने वाले द्रकानदार और स्टोर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्रष्कर्म की घटना को शर्मनाक बताते हए इसके अपराधी को जल्द पकडने के निर्देश दिए हैं श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा बिटिया के सम्चित इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी

इस दौरान दल ने मह में कोरोना संक्रमण के कारण कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के क्षेत्रों में घोषित कंटेनमेंट एरिया तथा हॉटस्पॉट क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

उज्जैन शहर में बढते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पंतग उडाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया है

सागर में आज तीन नए मरीजों की रिपोर्ट पाजिटिव निकली है अब यहाँ मरीजों की संख्या बढ़कर पाँच हो गई है

सिवनी जिले में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन दवारा कर्फ्यू और लॉकडाउन घोषित किया गया मण्डला में रमजान पर्व के संबंध में जिला योजना भवन में बैठक हई जिसमें सर्वसम्मति से रमजान पर्व पर घरों में ही इबादत करने का निर्णय लिया गया सीहोर जिले में बस स्टैंड स्थित दीनदयाल रसोई से प्रतिदिन मजदुर और कमजोर वर्ग के परिवारों को घर घर जाकर नियमित रुप से भोजन पहंचाया जा रहा है नीमच कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीकर्मचारियों का आज स्वास्थ्य परीक्षण एवं थर्मल स्क्रीनिंग की गई शिवपूरी जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे कोरोना फाइटर्स का आज पोहरी चिकित्सालय में सम्मान किया गया

जिला कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि सर्वे में शिक्षा विभागनगर निगम राजस्व और महिला बाल विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा

मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज अभी भी बदला हुआ हैकहीं बारिशा हो रही है तो कहीं तीखी ध्प निकल रही है शिवपुरी में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की वर्षा हई जिससे मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया तथा तेज गर्मी से राहत महसूस की गयी उधरश्योप्र जिला म्ख्यालय सहित ग्रामीण एवं वनक्षेत्र में आज हवा के साथ ह्ई रिमझिम बारिश ने किसानों का क्विंटलों गेंह भींग गया ग्ना में आज दोपहर बादलों के छाने के साथ ही तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गयी